प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज वीडियो काफ्रेंस के जरिए मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक उनहत्तर किलोमीटर लम्बी पेट्रोलियम पाइप लाइन का निर्माण भारत ने किया है यह दक्षिण एशिया में दो देशों के बीच पहली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग परियोजना दोनों देशों के निकट द्विपक्षीय संबंधों का परिचायक है साथ ही इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और पारगमन लागत कम करने में मदद मिलेगी इससे नेपाल के लिए समुचित लागत और पर्यावरण अनुकूल पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले वर्ष अप्रैल में श्री ओली की भारत यात्रा के दौरान इस परियोजना का शिलान्यास किया था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अठारह माह के डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है परिषद ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों के पास दो वर्षीय प्रशिक्षण की डिग्री होनी चाहिए खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने प्लास्टिक बोतल का प्रयोग करने वाली कंपनियों से कहा है कि वे अगले तीन दिनों के भीतर पैकेजिंग के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव लेकर आएं श्री पासवान ने नई दिल्ली में बोतल बंद पानी उद्योग के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पेयजल के लिए केवल एक बार उपयोग की जाने वाली पानी की प्लास्टिक की बोतलों का उचित विकल्प ढूंढने को कहा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हाल ही में लागू संशोधित मोटर वाहन कानून से न केवल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी बल्कि इससे वाहन चालकों में अनुशासन भी आएगा श्री गडकरी ने मुम्बई में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लाइसेंसिंग और सड़क सुरक्षा कानून का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा उन्होंने कहा कि अब ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए केन्द्रीय प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है

इत वर्ष दो ताख भारतीय मुकल्यन किया तक्सिटी के हज बात्रा पर जाएगे

जनजातिय वर्ष के छात्रों को मुणवतापूर्व प्रिक्षा उपलब्ध रूपने के लिए एक सौ पवास एकलव्ध अदरो अपासीय विदालय को मंत्री दी गई है

दियाकर आकासपारी सवाधार केंद्र बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगा ऊर्जा राज्यमंत्री आर के सिंह ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य उन बिजली कम्पनियों से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है जो अपना नुकसान शुल्क बढ़ा कर और सब्सिडी में कटौती कर उसका भार आम लोगों पर डाल देते हैं उन्होंने कहा कि इस विधेयक से उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान पाने और अपनी पसंद की बिजली वितरण कम्पनी चुनने में भी मदद मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार बोधगया राजगीर और वैशाली के बौद्व स्थलों को आपस में जोड़ने के लिये काम कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधगया को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है तो इसके लिए महाबोधि मंदिर की ब्रद्ध मूर्ति या बोधिवक्ष से बेहतर कुछ नहीं हो सकता श्री कुमार ने पटना में केंद्र सरकार के बोधगया को आइकॉनिक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकसित किये जाने के निर्णय के आलोक में बैठक की उन्होंने विभिन्न स्तर पर हुये विचार विमर्श और कार्ययोजना की प्रस्तुतीकरण को भी देखा राज्य में दुधारू पशुओं का बीमा कराया जायेगा बीमा होने के बाद अगर पशु की मौत हो जाती है तो पन्द्रह दिनों के अंदर बीमे की राशि का भुगतान अनिवार्य रूप कर दिया जायेगा पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस योजना से दुग्ध उत्पादन में मदद मिलेगी मंत्री ने कहा कि चालू वर्ष में सत्ताईस हजार दुधारू पशुओं के बीमा का लक्ष्य है इसे और बढ़ाया जायेगा केन्द्र सरकार के जल शक्ति अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गया जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि जिले के तीन सौ बत्तीस पंचायतों में अट्ठाईस हजार आठ सौ अंठावन स्थानों पर जल संचय केन्द्र बनाये गये हैं जहां वर्षा जल का संचय किया जा रहा है जिलाधिकारी ने कहा कि जल संरक्षण पारम्पारिक तरीके से जल संग्रह रीयूज बोरवेल रिर्चाज स्ट्रक्चर और वाटर शेड संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है उच्चस्तरीय रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक में संसद रामकृपाल यादव ने राजेन्द्र नगर टर्मिनल से खुलने वाली सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के परिचालन में किसी भी प्रकार के बदलाव के प्रस्ताव का विरोध किया है श्री यादव ने कहा कि राजेन्द्र नगर के स्थान पर इस ट्रेन का परिचालन मधुपुर से शुरू करने की मंशा पूरी नहीं होने दी जायेगी हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला की जंग में हुई शहादत की याद में मनाये जाने वाले मुहर्रम की आज दसवीं तारीख है इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताज़िया और सिपहर जुलूस निकाले जायेंगे राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम सच्चाई की राह पर चलते हुए हर तरह की कुर्बानी देने की प्रेरणा देता है उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अमन चैन बनाये रखने और आपसी भाइचारा कायम रखते हुए प्रेम शांति समता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने की अपील की है इधरमुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं सूजन घोटाले में आरोपी बैंक प्रबंधक प्रद्युत कुमार विश्वास ने पटना की सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया आरोपित भागलपुर के इंडियन बैंक में प्रबंधक थे इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आरोपित की जमानत को पहले ही खारिज कर दिया है निर्वाचन आयोग पन्द्रह अक्टूबर तक मतदाता सत्यापान कार्यक्रम चलायेगा मतदाता स्वयं अपना नाम मतदाता सूची में सत्यापित कर सकते हैं आयोग ने इसके लिए पांच माध्यमों की अनुमति दी है पूर्णिया जिले में हत्या लूट और डकैती के कई मामलों के आरोपित छह अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कहा दो जिंदा कारतूस एक लूट में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रक समेत गोदामों को काटने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किये गये हैं

मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी विभागों की ओर से लीज पट्टे और किराये पर दी जाने वाली भूमि जीएसटी के दायरे में आयेगी जिलाधिकारी ने सभी विभागों को इस संपत्ति की सूची उपलब्ध कराने का दिया निर्देश दिया है बिहार राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में समस्तीपुर के आकाश ठाकुर और पटना की नमस्वी प्रियानी ने अपने अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर र्क्वाटर फाइनल में प्रवेश कर लिया है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बोधगया राजगीर और वैशाली आपस में बौद्ध कड़ी बनेंगे दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से लिखा है भारत के साथ दुनिया भी अब प्लास्टिक को कहे गुडबाय दैनिक भास्कर ने चन्द्रयान दो से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है चन्द्रमा की सतह से टकराकर टेढ़ा पड़ा है लैंडर विक्रम कोई हिस्सा टूटा नहीं प्रभात खबर ने कोलकता में एक करोड़ रूपये के साथ पकड़ा गया दानापुर का युवक हवाला का पैसा होने का संदेह को बड़ी खबर बनाया है आज की सुर्खी है पाक के खिलाफ पीओके में प्रदर्शन